नई दिल्ली में आज चार दिन के विश्व आर्य महासम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने यह बात कही इस समय दिल्ली जैसे शहरों के वातावरण में प्रदूषण की वजह से सांस लेने की दिक्कतें बढ़ रही हैं वच्चों और बुजुर्गों पर इसका अधिक असर पड़ता है सामाजिक संस्थाओं को लोगों में यह जागरूकता फैलानी होगी कि समी त्योहार इस प्रकार मनाये जायें जिससे पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और शांति और सौहार्द बना रहे स्वामी दयानंद सरस्वती का स्मरण करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि स्वामी जी ने सामाजिक और आध्यात्मिक सुधारों के लिए साहसपूर्वक संघर्ष किया उन्होंने कहा कि शिक्षा छुआछूत और महिला सशक्तिकरण के स्वामी जी के संदेश आज भी सामर्थिक हैं महर्षि दयानन्द जी ने जो सोच उन्नीसवीं सदी में दी थी उस सोच को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एन डी ए सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए पिछले चार वर्ष के दौरान कई नई योजनाएं शुरू की हैं नई दिल्ली में आज श्री जावड़ेकर ने कहा कि फ्र्यानमंत्री नरेन्द्र मोदी केवल प्रयोगशालाओं पर ही नहीं बल्कि शिक्षण संस्थानों में छात्र प्रोफेसर और गैर शिक्षण कर्मचारियों पर भी ध्यान केन्द्रित किये हुए हैं उन्होंने जोर देकर कहा कि शोध कार्यो में नवोन्मेष के माध्यम से ही देश को समृद्वि मिल सकती है बेसिक साइंसिस में काम अधिक करने की जरूरत है और इसलिए एक नया इनीशिएटिव ले रहे हैं जिसका नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकडिमिक एंड रिसर्व कोलाब्रेशन

और इसमें जो टॉप क्वालिटी इंस्टीच्यूट हैं उन्ही के बीच में यह समझौता होगा

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रणाली शी बॅक्स में एक बार शिकायत पहुंचने पर उसे तुरंत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया जाता है केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अव्वास नकवी ने कहा है कि केन्द्र की सरकार ने पिछले साढ़े चार वर्षो के दौरान वोट के सौदे की राजनीति को ध्वस्त कर विकास के मसौदे पर आधारित राष्ट्रनीति के साथ काम किया है श्री नकवी आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्च की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि एक लम्बे समय से तथाकथित सेक्यूलर सिंडिकेट की तुष्टीकरण की राजनीति ने अल्पसंख्यकों विशेष कर मुस्लिमों को सशक्तिकरण से वंचित कर रखा था उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बिना किसी मेदभाव के समी के विकास की राह को अपनाया है उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ा है श्री नकवी ने कहा कि पिछले साढ़े चार सालों में बीजेपी एनडीए की सरकार आठ से बढ़कर बीस राज्यों में पहुंच गई है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए कई लोकप्रिय योजनाएं चला रखी है अल्पसंख्यक समाज की लड़कियों की शिक्षा के लिए युद्वस्तर पर काम किया जा रहा है लखनऊ में कल से तीन दिवसीय कृषि कुंभ दो हजार अट्ठारह का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो काफ्रेंसिंग के द्वारा इसका श्मारम्भ करेंगे राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि कृषि कुंम का आयोजन भारतीय गन्ना अनुसंघान संस्थान तेलीवाग के परिसर में किया जा रहा है उन्होंने बताया कि इसमें अर्तर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन तथा प्रदर्शनी का आयोजन होगा इस मेले में प्रदेशमर के सभी जनपदों में एक लाख से अधिक किसान कृषि विशेषज्ञ छात्र तथा कृषि क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमी भाग ले रहे हैं उन्होंने बताया कि कृषि कुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के अलावा कई मंत्रीगण भी भाग लेंगे इस कार्यक्रम में तकनीकी सेमिनार में चौदह सत्र निर्धारित किये गये हैं इन सत्रो में इंडे इजराइल पाटनरशिप एग्रीकल्चर पालसी एण्ड रिफार्म फारहायर एण्ड स्टेन फार्मम इनकम इंटीग्रेटेट फार्मिंग सिस्टम बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कृषि के विकास की रणनीति प्रमुख है कृषि कुंभ उन्नत कृषि यंत्रों से संबंधित विभिन्न कम्पनियों की प्रदर्शनियां लगाई जा रही है पशुपालन विभाग द्वारा अन्य पशुओं के अलावा गाय की गिर साहीवाल थरपाकर आदि की प्रजातियां प्रदर्शित की जायेंगी छोटी जोत वाले कृषकों के लिए एकीकृत फसल प्रणाली विषयक प्रदर्शन विशिष्ट रूप से लगाया जा रहा है